कल नई दिल्ली में दशहरे के अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने लोगों से इस मिशन को पूरा करने के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को कहा

इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग मौजूद थे राजसमंद में दो अलग अलग स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया गया बाडमेर में आदर्श स्टेडियम में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने कल दशहरे के दिन अपने हथियारों की विधि विधान से पूजा की वहीं टोंक के मालपुरा में कल विजयादशमी के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों में विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई

धौलपुर जिले में कल मूर्ति विजर्सन के दौरान अलग अलग स्थानों पर आठ लोगों की डूबने से मौत हो गई वहीं दो लोगों की तलाश की जा रही है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल फ्रांस के मेरीनेक में दसों एविऐशन की उत्पादन इकाई में एक समारोह में इसे ग्रहण किया श्री सिंह ने इस अवसर पर शस्त्र पूजा की और रफाल में उड़ान भरी

केन्द्रीय वन और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल जयपुर में यह जानकारी दी

इस दौरान श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है जिसके तहत दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेनें अब दोगुनी गति से चल सकेगी

कल जोधपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि इसके लिए यूर्डोएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी है

इस अवसर पर श्री पूनिया ने कहा कि सैंतीस साल तक पार्टी की सेवा के बाद उन्हें इस पद तक पहुँचने का मौका मिला है जिसके लिये वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं

मौसम की अनुकूलता और नहर प्रणालियों में पर्याप्त पानी मिलने से सरसों की बुआई तेजी आ गई है